न्यायमूर्ति अशोक भूषण संजय किशन कौल और एम आर शाह की पीठ ने कहा कि उदयोगों और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए पीठ ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे समाधान की इस प्रक्रिया में सहायता करें और इस बारे में संबंधित श्रम आयुक्तों को रिपोर्ट दें

राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के बाद यह वस्तु और सेवाकर की यह पहली बैठक है

जिले में एन्टी बाडी की जांच के लिए आर्डीगार्डी मेडिकल कॉलेज में नई मशीन स्थापित की गई है इस मशीन से रोगियों में प्रतिरोधक क्षमता की जांच की जा सकेगी

नीमच जिले के जावद में दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

आगरमालवा में कलेक्टर ने कोरोंटीन सेंटर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

इसके चलते अब प्रदेश में कई जगहों पर मानसून पूर्व की बारिश हुई है

अनूपपुर जिले के मोहरी गॉव में कल तेज आधी तूफान के साथ बारिश हुई बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े पांच लोगों की बिजली गिरने से मृत्यु हो गयी

मंडला से भी तेज हवाओं के साथ बारिश की खबर है राजधानी सहित कई जिलों में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी हैं मौसम विभाग ने आज भोपाल होशंगाबाद इंदौर उज्जैन ग्वालियर और चंबल संभागों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है

इसमें मच्छरों से फैलने वाले रोगों के बारे में जानकारी दी गई

शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी ने कहा कि इस दौरान सामुहिक नवाज नहीं होगी